प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दूनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेश भी कर रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतोक है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे सदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्म निर्भर भारत अपने साथ साथ दुनिया की भी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो रहा है साथियो इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आपने एक और बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है आत्मनिर्भर है यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है भारतीय क्रिकेट टीम की शुरूआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला जीतने की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की उन्होंने कहा कि खिलाडियों की मेहनत और टीम भावना सबको प्रेरित करने वाली है

हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है

उन्होंने कहा कि यह हमारे उन महानायकों से जूडो सभी जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात के इस वर्ष के पहले संबोधन में झांसी में चल रहे स्ट्राबेरी उत्सव की भी चर्चा की उन्होंने कहा कि अब ब्रन्देलखण्ड में भी स्ट्राबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है

अब बुंदेलखंड में स्ट्राबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झाँसी की एक बेटी गरलीन चावला ने लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और पिफर अपने खेत में स्ट्राबेरी की खेती का सेफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में भारत की उन चार महिलाओं का उल्लेख किया जिन्होंने अमरीका के सेन फ्रांसस्किों से बेंगलुरू तक की सीधी उडान की कमान संभाली

उन्होंने कहा कि सडक सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासो में सबको सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र को देखते हुए आज राज्य सभा के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की राज्य सभा के सुचारू संचालन के लिए यह बैठक बुलाई गई थी श्री नायडू ने विभिन्न दलों के नेताओं से सदन के कामकाज के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की इस बारे में राजनैतिक दलों के नेताओं ने भरोसा दिलाया कि सभी तरह की बहस और विचार विमर्श में पूरी भागीदारी रहेगी देशभर में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल में आज बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारम्भ किया इसके साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में पल्स पोलियों अभियान की शुरूआत हो गयी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पोलियो का खतरा अभी टला नहीं है

मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद और अन्धविश्वास पर विश्वास न करें पीलीभीत में बारह सौ बूथों पर आज बच्चों को पोलियों की दवा पिलाई गयी जिलें में तीन लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

जिलें में बनाये गये विभिन्न बूथों पर आज तीन लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खूराक पिलाई गयी हरदोई में अभियान के पहले दिन लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पल्स पोलियो चेतना रैली निकाली गयी प्रदेश में नवजात शिशुओं से लेकर पॉच वर्ष तक के तीन करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खूराक उपलब्घ कराने के लिए एक लाख से अधिक पोलियो ब्रथ बनाये गये हैं सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को एक बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने पहली फरवरी से सिनेमा हॉलों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है सिनेमाहालों के लिए नयी मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि सिनेमा थियेटर और मल्टीप्लेक्स को सौ प्रतिशत सीटों के साथ संचालन की अनुमति दी गयी है मंत्रालय ने बताया कि राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश अपने अपने ऑकलन के अनुसार अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर सकते हैं कन्टेनमेन्ट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भीड़भाड़ से बचने के लिए सिनेमाहाल और मल्टीप्लेक्स आपरेटर से दो शो के बीच पर्याप्त अन्तराल रखने के लिए कहा गया है श्री जावडेकर ने बुकिंग काउन्टरों पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली की बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुरादाबाद में सड़क दुर्घटना में मारे गये लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो लाख रूपये तथा घायलों को पचास पचास हजार रूपये की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर कल कोहरे के कारण द्रश्यता कम होने के कारण एक निजी बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद दस लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और पन्द्रह लाग घायल हो गये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतक परिजनों को दो दो लाख आर्थिक मदद देने की घोषणा की है

राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने आज राजभवन में उन्हें विधान परिषद के कार्यकारी सभापित की शपथ दिलायी विधान परिषद के सभापति सपा के रमेश यादव का कल तीस जनवरी को कार्यकाल समाप्त होने के बाद से यह पद खाली हो गया था